शाजापूर से हमारे संवाददाता ने बताया कि देवास शाजापुर लोकसभा सीट के लिए भी नामांकन काम शुरू हो गया है

आज भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाक्र सागर से राय बहाद्र सिंह भिण्ड से संध्या राय और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से केपी यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं वहीं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी विदिशा से शैलेन्द्र पटेल सागर से रघुसिंह ठाकुर के अलावा विदिशा से निर्दलीय प्रत्याशी राजकमार पटेल के भी नामांकन पत्र दाखिल करने की खबर है नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है मतदाता जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी के तहत ग्वालियर जिले में अधिक से अधिक मतदान के लिये मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का अभियान जारी है

इस बार टीकमगढ दमोह और सतना लोकसभा सीट के मुद्दे और तमाम पहलुओं पर चर्चा की जायेगी

समाचार संक्षेप में आज विश्व पृथ्वी दिवस है इस मौके पर प्रदेश में भी पृथ्वी को हरा भरा बनाने का संकल्प लेने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

शहडोल में संपत्ति कर निर्धारण के लिये सभी वार्डों में सर्वे कर मकानों की गिनती और उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है